हरियाणा सरकार से दस दिन में रिपोर्ट मांगी है

आज का दिन उन्नीस सौ निन्यानवे में हई कारगिल की लडाई में भारत की पाकिस्तान पर जीत और लड़ाई मे देश के लिए बलिदान देने वाले की स्मृति मे मनाया जाता है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र की तरफ से शहीदों को श्रद्वाजंलि अर्पित की इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि कारगिल विजय दिवस पर हर भारतीय हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहाद्री और प्रयासों का सम्मान करता है उप राष्ट्रपति ने आज राज्यसभा में कहा कि वे बहाद्र जवानों के शौर्य साहस और बलिदान को सलाम करते है जिसक परिणाम स्वरूप हमादे देश को अभूतप्र्व विजय हासिल हई उन्होंने सदन की ओर से उन बहाद्र सिपाहियों को श्रद्वाजंति दी जिन्होंने कठिन और विषम परिस्थितियों मे हमारे देश की स्रक्षा की प्रधानमंत्री ने बहा कि कृतज्ञ राष्ट्र सैनिकों को श्रद्वाजंलि अर्पित करता है जिन्होंने आप्रेशन विजय के दौरान जान की बाज़ी लगा दी इस अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर जाकर श्रद्वा स्मन अर्पित किये पत्रकारों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि मातृ भूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहति देने वाले सिपाहियों के प्रति हम भारतीय कृतज्ञ है सेना प्रम्ख जनरल बिपिन रावत वाय् सेना प्रम्ख एयर मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ तथा नौसेना प्रम्ख एडमिरल सुनील लांबा भी इस अवसर पर उपस्थित थे केन्द्रीय खेल मंत्री राज्य वर्धन राठौर ने आज कहा है कि सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलत हए श्री राठौर ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है और प्रशिक्षण देने के लिए सरकार भरपूर धन राशि उपलब्ध करा रही है श्रीराठौर ने कहा कि खेल में कोई नकारात्मकता और राजनीति नहीं है और सरकार एक ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें स्थानीय क्षमता की पहचान कर उसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सके उन्होंने कहा कि मीडिया को भारत में खेलों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए मंत्री ने कहा कि सरकार ने कहा कि सरकार खेल के विस्तार के लिये सभी हित धारकों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है

आरोपी की पहचान मौजगढ़ के भीम सैन के रूप में हुई है प्लिस ने आरोपी से आपूर्ततिकर्ता का नाम मालूम कर सदर डबवाली थाने में अभियोग दर्ज कर उस की तलाश श्रू कर दी है

गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के ढाबा निवासी हन्मान प्रसाद के रूप में ह्ई है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल ग्र्जर ने आज यम्नागर में नवोदय विद्यायलय ग्लाबगढ में जिला स्तरीय पौधागिरी कार्यक्रम का श्भारंभ किया कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने की श्री गुर्जर ने अपने सम्बोधन में कहा कि पोड़ पौधों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती इसलिए सभी खास अवसरों पर पौधारोपण जरूर करना चाहिए उपाय्क्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि हरियाली प्रदेश में पहले स्थान पर है

सड़क स्रक्षा को एक क्शल और स्रक्षित यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधार बताते हए उन्होंने कहा कि हरियाणा प्लिस सड़क द्र्घटनाओं का कम करने के यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगी है हाल ही ट्रैफिक पुलिस के लिये अत्याध्निक उपकरणों और वाहनों की खरीद के लिए रोड सेफटी फंड के तहत नौ करोड़ रूपये मंजूर किये गये है इस अवसर पर डीआड्रजी यातयात श्री राकेश क्मार आर्य ने बताया कि इस पुस्तक का तिमाही प्रकाशन किया जायेगा मोरनी के कथित द्वष्कर्म मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय ने मामले में हरियाणा सरकार से दस दिन में रिपोर्ट मांगी है उल्लेखनीय है कि कल प्लिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था और अदालत ने उसे तीन दिन के प्लिस रिमांड पर भेज दिया सूत्रों का कहना है कि प्लिस को सन्नी और महिला के पति के बीच की बातचीत की कॉल रिकाडिंग और डिटेलस मिली है

जींद में कैथल की तर्ज पर आध्निक शूटिंग रेंज बनेगी जिस पर दस लाख रूपये की लागत आयेगी इस शूटिंग रेंज में एक साथ पांच निशाने बाज़ अभ्यास कर पायेंगे जींद में पत्रकारों से बातचीत में उपाय्क्त अमित खत्री ने बताया कि स्थानीय अर्ज्न स्टेडियम में गत वर्ष एक श्रेटिंग रेंज की आधार शिला रखी गई थी अब धनराशि मिलने से इसे पूरा कर लिया जायेगा उपाय्क्त ने बताया कि जींद शहर में तीन ओपन जिम बर्नेगे इसमें से एक डी सी कालोनी के हर्बल पार्क में दूसरा नेहरू पार्क में और तीसरा जिम एकलव्य स्टेडियम मे बनाया जायेगा सिरसा के उपाय्क्त प्रभजोज सिंह ने गांव कंगनप्र की सरपंच स्ख्जिन्दर कौर को उसकी आठवीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाणपत्र में गड़बड़ी पाये जाने के आरोप में निलंवित कर दिया है

पहाड़ी इलाकों में बीती रात हो रही बरसात से यमुना व अन्य नदियों का जल स्तर बढ़ गया है यम्ना नगर से प्राप्त जानकारी के अन्सार आज स्बह नौ बजे हथिनीकुंड बैराज पर यम्ना का जल स्तर एक लाख छतीस हजार क्यूसेंक दर्ज किया गया